प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बांग्लादेश में पांच सौ मेगावाट ट्रांसमिशन लिंक कुलौरा शाह बाजार रेलवे प्रोजेक्ट के अपग्रेडेशन सहित तीन परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पिछले लगभग दो वर्षो के दौरान भारत और बांग्लादेश ने सम्पर्क बढ़ाने की कई याजनाएं लागू की है प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्पर्क बढ़ने से रेलवे सेवा में काफी सुधार हुआ है बाइट बांग्लादेश की आतंरिक कनेक्टिविटी और भारत के साथ कनेक्टिविटी हमारे सहयोग के प्रमुख पहलू है अखौरा अगरतला के रेल कनेक्टिविटी का काम प्ररा होने पर हमारी क्रास बार्डर कनेक्टिविटी में एक और कड़ी जुड़ जायेगी इस प्रोजेक्ट में सहयोग के लिए मैं मख्यमंत्री श्री विपणव कुमार देव का भी अभिनन्दन करता हूं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने बांग्लादेश को विकास के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किये

उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने हिंदू दर्शन के वास्तविक मूल्यों के संरक्षण पर बल दिया है ताकि इसके बारे में किसी भ्रामक दृष्टिकोण और धारणा को बदला जा सके अमरीका के शिकागा में कल दूसरे विश्व हिंदू सम्मेलन के समापन सत्र के संबोधन में श्री नायडू ने कहा कि भारत सहनशीलता में विश्वास करता है और विश्व के सभी धर्मों का सम्मान करता है उन्होंने कहा कि सहिष्णुता विविधता में एकता और समभाव हिंदू धर्म की मुख्य विशेषता है

केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लोकतंत्र में अस्पताल एम्बुलेंस और दवाई की द्रकानों को बिना रूकावट के काम करने देना नितान्त आवश्यक है लेकिन आज बिहार में दो वर्ष की एक बच्ची की मौत से भय का वातावरण हो गया उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है उन्होंने कहा कि लोग बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं जनता को कुछ परेशानी है लेकिन जनता इस बंद के साथ नहीं खड़ी है और इसी के कारण कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के बाकी लोग गुस्से में खीझ कर खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं जब जनता का समर्थन नहीं मिलता तो उग्रता का प्रदर्शन कर बंद को सफल करने की कोशिश की जा रही है उन्होंने कहा कि तेल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संकट की वजह से बढ़ी हैं और सरकार लोगों की समस्याएं हल करने के पूरे प्रयास कर रही है कन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस और अन्य दलों के भारत बंद को अफवाह फैलाने और जनता को भ्रमित करने का एक प्रयास बताया है आज नई दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उसकी सरकार के कार्यकाल में भी तेलों की कीमतें बढ़ी हैं पर अब वही कांग्रेस इस मुद्दे पर घडियाली आंसू बहा रही है इधर नई दिल्ली में आयोजित विरोध रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पैटोल और डीजल के बढ़ते मूल्यों के लिए सरकार की आलोचना की

श्री गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है कांग्रेस द्वारा आयोजित भारत बंद का आज प्रदेश में मिला जुला असर रहा राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में कांग्रेस और लोकदल कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाल कर दुकाने बंद कराई गोंडा में मनोरंजन चौराहे पर महिलाआ ने सड़क पर चूल्हें में लकड़ी जलाकर विरोध किया बहराइच में दुकाने और व्यापारी प्रतिष्ठान खुले रहे कई स्थानों पर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन किया गया मऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से दुकाने बंद करने की अपील की कुशीनगर में पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिह पडरौना कस्बे में रिक्शा चलाकर पेट्रोल की बढ़ती कोमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया जबकि कांग्रेस विधायक अजय कुमार लल्लू ने सेवरही कस्बे में बैलगाड़ी चला कर विरोध प्रकट किया वहीं प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हीरो वाजपेई ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ से बातचीत में बंद को पूरी तरह विफल बताया बाइट पूरा बंद एक छलावा की तरह रहा और जो कहा जाता था कि पार्टी का बंद कांग्रेस अलग बंद में लगी थी सपा और बसपा उसमें न तो दिल्ली में शामिल हुई न यहां शामिल हुई बंद केवल एक छलावा है जनता को भरमाने की कोशिश है इन लोगों के पास कोई और मुद्दा नहीं है तेल की कीमतें अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गई है और उनका बाजार से संबंध है इसलिए तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी हो रही है इनके पास न को शल्यूसन है न जनता क लिए कोई एजेंडा है केवल विपक्ष भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है और विपक्ष भी एक नहीं हो सकता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

देश के कई इलाके अब भी बाढ़ की चपेट में हैं और लगभग सभी नदियां उफान पर हैं

राज्य के बाढ प्रभावित बरेली जिले में कई लोगों के बुखार से मौत के मामले को लेकर केन्द्र सरकार का एक दल राज्य के दौरे पर हैं बदायूं और बरेली जिलों के साथ ही तराई के कुछ अन्य इलाकों में भी बाढ़ से मौतों के मामलों में तेजी देखी जा रही है बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी विनीत शुक्ला ने अकाशवाणी को बताया कि केन्द्र से आई डॉक्टरों की टीम जिले में प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर रही है और बीमारी की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है इस बीच राज्य सरकार की ओर से भेजी गई तीन अन्य चिकित्सकों की टीमों ने दोनों जिलों के हर ब्लॉक में कैंप लगाकर मरीजों की जांच शुरू कर दी है और इसके साथ ही राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल बेहतर करने का प्रयास कर रही है रेपिड डायनोस्टिक किट के सहारे बुखार का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है और इलाके में मुफ्त दवाओं का वितरण किया जा रहा है ये टीमें साफ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ ही मच्छरों को भगाने के लिए चल रहे फॉगिंग अभियान की भी देख रेख कर रही हैं सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली थाना क्षेत्र के अन्तर्गत मुंडेरा उपाध्याय गांव में बिजली गिरने से दो बच्चियों और महिला की मौत हो गई जबकि पांच लोग गंभीर रूप से झुलस गये केन्द्रीय सूचना प्रसारण खेल और युवा मामलों के मंत्री राज्यवर्द्धन सिह राठौड़ ने कहा है कि सरकार गांव देहात में रहने वाले खिलाड़ियों को भी बेहतरीन सुविधाएं दे रही है ताकि वह अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर सके

हमारे जितने भी योजनाएं है वह सभी गांव से लेकर ओलम्पिक पोडियम को कवर करती है जितनी भी फेडरेसंस है जो ओलम्पिक खेल खेलती है उनको जो नार्मल कम्पीटशन होते हैं जो नार्मल ट्रेनिंग होती है उसकी भी फंडिंग केन्द्र सरकार करती है फिर उसमें से जो ई लीड खिलाड़ी निकलते हैं उनको टारगेट ओलम्पिक पोडियम में जो खर्चा होता है वह सब कोन्द्र सरकार करती है तो बड़े योजनाबद्व तरीके से इसके ऊपर काम हो रहा है अब खेलो इंडिया जैसी स्कीम अगले दस साल चलेगी तो आप देखेंगे कि क्या बदलाव पूरे भारत में आयेगा

महान स्वतंत्रता सेनानी प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और केन्द्र में गृह मंत्री रह चुके पंडित गोविन्द वल्लभ पंत की एक सौ इक्कीसवीं जयन्ती पर उन्हें सम्मान के साथ याद किया जा रहा है लखनऊ में राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानभवन के सामने स्थित पंत जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की